रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी गैर वित्तीय बैंकिंग कम्पनियों की पूंजी के स्तर की समीक्षा से किया इन्कार सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता और उसके वकील की सड़क दुर्घटना की जांच पूरी करने के लिये दो सप्ताह की दी और मोहलत प्रदेश की कई प्रमुख नदियां उफान पर निकटवर्ती इलाकों में बढ़ा बाढ़ का ख़तरा जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद भवन परिसर को नया स्वरूप देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी नई दिल्ली में कल सांसदों के लिए बनाये गये नये आवासीय परिसर के उदघाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस में स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर संसद भवन परिसर अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखना चाहिए सदन में से ही मांग आई है कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नये सांसदों को आवास मिलने में काफी दिक्कत होती है उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त कि इस समस्या से निपटने के प्रयास किए गये हैं आवासीय परिसर निर्माण से जुड़े समी लोगों को समय से यह काम पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी यह समय से पहले पूरा हुआ ये तय किए हुए बजट से कम खर्चे में किया गया और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया समय की बचत धन की बचत और सुक्वियाओं की विषय में सतर्कता बरती गई इस प्रकार से भवन का निर्माण करने में जिन जिन साथियों ने योगदान दिया है वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं केंद्रीय पर्यावरण और वनमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अब सरकार का पूरा ध्यान उद्योग व्यापार के नियमों को सरल बनाने पर है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय अब कानूनों को कम और सरल बनाने पर जोर दे रहा है साथ ही उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने बड़ी गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों की पूंजी के स्तर की समीक्षा से इंकार किया है कल मुंबई में उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं हैं लेकिन पांच सौ गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों के पूंजी के स्तर पर रिजर्व बैंक बारीकी से नजर रखे हुए हैं जिसमें उनकी कार्यप्रणाली स्थिरता और पूंजी का आगमन और निर्गमन शामिल है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिये प्रतिबद्व है और इस दिशा में कारगर उपाय कर रही है श्री मौर्य कौशाम्बी के भरवारी कुखे में विधायक संजय ग्प्ता द्वारा आयोजित मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान प्रतिभा खोज परीक्षा के अवसर पर सफल बीस छात्राओं को सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे श्री मौर्य ने इस आयोजन की सराहना करते हए लोगों से इस तरह के मिशन को चलाने का आहवान किया

श्री मौर्य ने कहा कि कन्या सुमंगल योजना के तहत ग़रीब छात्राओं का ख़र्च सरकार वहन करेगी योजना के तहत छात्रा के बैंक खाते में पन्द्रह हज़ार रूपये देने का प्रावधान है इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पांच हज़ार नौ सौ आठ किलोमीटर के मार्गो का शिलान्यास भी किया इन सड़कों का निर्माण साढ़े सात हज़ार करोड़ रूपये से अधिक की लागत से किया जायेगा जम्मू कश्मीर में व्यापारिक संघों ने आयकर तथा वस्तु और सेवा कर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों के हटाने के बाद राज्य में उत्पन्न स्थिति के चलते इंटरनेंट सहित दूरसंचार सेवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी होगी

इस घटना में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोटे आई थीं पीठ ने राज्य सरकार को गंभीर रूप से घायल वकील को पांच लाख रूपये देने का निर्देश भी दिया है

राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और सीमावर्ती राज्यों के कई बायों और बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से विभिन्न स्थानों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कई जगहों पर बाढ़ की आशंका के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है जबकि जल भराव संभावित क्षेत्रों से लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं और जानकारी हमारे संवाददाता से गंगा नदी बदायूं जनपद में कचला घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में यह लाल निशान के करीब वह रही है शारदा नदी लखीमपुर खीरी में पलियां कला और घाघरा बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान को पार कर गई है वहीं घाघरा का पानी अयोध्या और बलिया के तूर्तीपार में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर नीचे वह रहा है जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हए अलर्ट जारी किया है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों का सम्पर्क टूट गया है और फ़सलों को नुकसान हो रहा है उधर जालौन में यमुना नदी में आई बाढ़ से यमुना पट्टी क्षेत्र के आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है जिससे सैकड़ों किसानों की खरीफ़ फसल डूब गई है कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में बाढ़ को देखते हुए क्षेत्र के ग्राम छोटा गढ़वा बड़ा गढ़वा कोसम इनाम कोसम खिराज एवं मर्हेवाघाट भवनसुरी घोघपुरवा आदि गांवों के लोगों को आज रात तक घर खाली करने एवं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की प्रशासन ने अपील की है

इसमें पांच सौ से ज्यादा विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने बताया संवेदना हमारे अंदर कैसे विकलांगों के प्रति पैदा हो कैसे विकलांग सम्मानजनक जीवन जी सकें ये हमारे कार्य की प्राथमिकता हो और कैसे विमिन्न संस्थानों में सेवाओं में सम्मानजनक अवसर मिले इसके लिए जो समूह इकट्ठा हुआ है ये जो अपने अंदर आत्मसात करेगा उसी में से काम करने की गति बढ़ेगी निपमेड चेन्नई के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर निदेशक सी आर सी रमेश पाण्डेय और आकाशवाणी गोरखपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने दिव्यागता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की

पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गये थे जिसकी वजह से यह सीट ख़ाली हो गई थी भाजपा ने इस उप च्नाव में श्री शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया था

वह काफी समय से बीमार थे वह बान्नवे वर्ष के थे श्री खय्याम को पदममूषण सम्मान से नवाजा गया था और उन्हे दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा दुखः व्यक्त किया है बलिया में कल उन्नीस सौ बयालीस के जिले के वीर शहीदों की याद में बलिदान दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की गई उन्नीस सौ बयालीस में कल ही के दिन ज़िले के अनेक वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहति देकर अंग्रेजों से बलिया को आज़ाद करा लिया था